झारखंड ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बेहतर काम किया है झारखंड को देश के सभी राज्यों में अव्वल स्थान मिला है

वहीं तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा

ग्रामीण विकास मंत्री आलमगिर आलम ने कहा कि टीम वर्क और लगातार प्रयास से यह संभव हो पाया है इस काम में बाहर से आए राज मिस्त्री बिल्डर और कारपेंटरों की मदद ली गई थी दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी ने झारखंड के सात जिलों में सोमवार से तीन घंटे के बिजली कटौती शुरू की है

डीवीसी ने बकाया का भूगतान नहीं होने से कटौती शुरू की है डीवीसी के कमांड एरिया में राज्य के गिरिडीह बोकारो रामगढ़ हजारीबाग कोडरमा पूर्वी सिंहभूम और धनबाद जिले आतें हैं इस मामले में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि डीवीसी पांच हजार आठ सौ करोड़ रूपये बकाया का दावा कर रहा है जो गलत है उनका सिर्फ तीन हजार पांच सौ करोड़ रूपये बकाया है राज्य सरकार जनवरी अप्रैल और जून में सात सौ करोड़ रूपये किश्त के रूप में भूगतान करेगी

उन्होंने कहा कि परीक्षा के लिए अगली तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी आगामी प्रतियोगिता और बोर्ड परीक्षाओं के बारे में देशभर के अध्यापकों से वर्चुअल माध्यम से संवाद करते हुए कल श्री पोखरियाल ने यह बात कही

राज्य के सरकारी हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों में इस बार सर्दी की छूटियां नहीं होंगी किसमस पर केवल एक दिन अवकाश रहेगा इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र भेजा है उन्होंने सभी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से स्कूल आने और स्कूल परिसर से ही ई विद्यावाहिनी के जरिए ऑनलाईन हाजिरी बनाने का भी निर्देश दिया है कोरोना वायरस संकमण के मद्देनजर पिछले नौ माह से लगातार स्कूलों के बंद रहने के कारण अवकाष कम किए गए हैं कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि कानूनों से किसानों को फायदा पहुंचेगा और कृषि क्षेत्र मजबूत होगा उन्होंने फिर कहा कि किसानों के हित में सुधार किये गये हैं और ये भारतीय क्रषि जगत में एक नया अध्याय जोडगा कृषि कानून को कृषि क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा सुधार बताते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि इससे किसानों को अपनी उपज को बेचने की आजादी होगी उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें प्रौद्योगिकी का लाभ मिलेगा कल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सदस्यों के साथ बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है जिसमें किसानों को अपने उत्पादन की लागत का कम से कम डेढ़ गुना ज्यादा फायदा होगा उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में भी न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता रहेगा

हाल ही में बनाए गए कृषि कानूनों में किसानों को सशक्त बनाने तथा उनके कल्याण के कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किये गए हैं

उन्होंने किसानों को सरकार का यह आश्वासन दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और कृषि उपज मंडी समिति ए पी एम सी प्रणाली जारी रहेगी प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारतीय किसानों को वे सभी आध्निक सुविधाएं मिलनी चाहिए जो विकसित देशों में किसानों को उपलब्ध हैं उन्होंने कहा कि इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने सरकार का संकल्प दोहराया और किसानों के अनुकूल नीति के बारे में सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की

यह ट्रेन रांची से सप्ताह में तीन दिन बुधवार गुरुवार व शनिवार की सुबह सात बजे से चलेगी यह ट्रेन मुरी झालिदा पुरुलिया टाटानगर चाकुलिया खड़गपुर होते हुए दोपहर तीन बजकर दस मिनट पर हावड़ा पहुंचेगी इस ट्रेन में सिर्फ आरक्षित टिकट कटाने वाले यात्री ही सफर कर सकेंगे वहीं हावड़ा से रांची यह ट्रेन दोपहर बारह बजकर पचास मिनट पर रवाना होगी और रात नौ बजकर दस मिनट पर रांची पहुंचेगी

यह ट्रेन हैदराबाद से तीन फेरो में चलेगी ट्रेन हैदराबाद रायपुर बिलासपुर से राउरकेला होते हुए शाम सात बजकर चालीस मिनट पर रांची पहुंचेगी यह ट्रेन हैदरबाद से प्रत्येक गुरुवार और रक्सौल से प्रत्येक रविवार को चलेगी

देश में कुल सक्रिय मामले दो दशमलव आठ छह प्रतिशत है

मंत्रालय के अनुसार टेस्ट ट्रैक और ट्रीट की नीति को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के कारण देश में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हए हैं और मरने वालों की संख्या में कमी आई है वर्तमान में देश में मृत्यू दर एक दशमलव चार पांच प्रतिशत है जो शेष दुनिया की तुलना में काफी कम है

राज्य में कल संकमण की वजह से तीन लोगों की मौत भी हो गई वहीं राज्य में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर संतानब्बे दशमलव छह छह प्रतिशत तक जा पहुंची है स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक एक लाख दस हजार सात सौ अंठावन लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले समूह में स्वास्थ्य कर्मी शामिल किए गए हैं क्योंकि उनके सामने संक्रमण का सबसे बड़ा जोखिम है और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उनकी सुरक्षा जरूरी है

बैठक में बुंडू थाना क्षेत्रों में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने समेत अन्य बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया गया

चतरा पुलिस ने हजारीबाग पुलिस के साथ मिलकर नशे के अवैध कारोबारियों व तस्करों के विरूद्व कार्रवाई करते हुए गिद्वौर थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाकुरबाड़ी इलाके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया है चतरा पुलिस ने मवेशियों से भरे तीन पिकअप गाड़ियों को जब्त किया है